राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि महात्मा गांधी के प्रति पूरे विश्व में आदर और श्रद्दा का भाव है क्योंकि दुनिया समझ रही है कि शांति समानता और अहिंसा का उनका दृष्टिकोण आज कहीं अधिक प्रासंगिक है राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज संघर्ष और जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर सही राह दिखा सकते हैं

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार और दर्शन जीवन में उतारने की जरूरत है

इस समिति में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सभी दलों के प्रतिनिधि गांधीवादी विचारक और समाज के सभी वर्गों के गणमान्य लोग शामिल हैं

प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में इस कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की सूचनाएं नहीं हैं पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अधिक सचेत है तथा मैदानी अमले के अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं

जिला कलेक्टर अमित तोमर ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ इस कार्य में संलग्न अन्य विभागों के अधिकारियों और मैदानी अमले के सदस्यों को बधाई दी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनिता सिंगारे से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरोगी काया अभियान की जारी फायनल रेंकिंग के अनुसार प्रदेश में रायसेन जिला प्रथम स्थान पर होशंगाबाद द्वितीय स्थान पर आया है

तीन छात्रों का निष्कासन पहले ही समाप्त कर दिया गया था बताया जा रहा है कि छात्रों ने कुलपति दीपक तिवारी से मुलाकात की और विश्वविद्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना पर खेद जताया

इसके अलावा कई ध्यानाकर्षण और याचिकाएं भी प्रस्तुत की जायेंगी आज शासकीय और विधि विषयक कार्यो के निष्पादन के साथ ही अनुदान मांगों पर मतदान किया जायेगा वहीं तीन अशासकीय संकल्प भी प्रस्तुत किये जायेंगे

आईफा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कमल नाथ ने मंजूर कर लिया है

अवार्ड समारोह में मध्यप्रदेश सरकार सहयोग करेगी आयोजन से मध्यप्रदेश में फिल्म और टेलीविजन के माध्यम से फिल्मों को बढ़ावा देने के साथ साथ पूरे विश्व में मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों और प्रदेश में मौजूद पर्यटन की संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा वनमेला भोपाल में आयोजित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय वन मेले में लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है

बालरंग इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में कल से राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव आरंभ हुआ तीन दिवसीय इस महोत्सव में प्रदेश के सभी संभागों के स्कूली बच्चे और शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में आमजन के लिये प्रवेश निःशुल्क रहेगा बालरंग महोत्सव में विभिन्न विषय पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं जिनमें लघ् भारत गौरवमयी भारत समर्थ भारत वैभवशाली भारत की उड़ान शामिल हैं

मौसम हवाओं का रुख लगातार उत्तरी बना रहने से प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है हालांकि राजधानी भोपाल में कृछ तापमान बढ़ने से सर्दी में थोड़ी कमी आई है

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज से हवाओं की दिशा बदलने की संभावना है इससे रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी

सर्वेक्षण इंदौर संभाग में स्वच्छता मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में षौचालय विहीन घरों की पहचान करने के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया जाएगा इसके बाद इन घरों में शौचालय बनाने का कार्य अभियान चलाकर किया जायेगा ये निर्णय इंदौर में भारत सरकार के जलशक्ति पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेष्वरन अय्यर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी और संभाग के सभी जिलों के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक में लिया गया

जिले की राऊ हातोद मानपुर महुगांव सांवेर गौतमपुरा बेटमा और देपालपुर के पन्द्रह पन्द्रह वार्डो में पार्षद पद का आरक्षण होगा

उद्घाटन सत्र में खजुराहों सांसद विष्णुदत्त शर्मा शामिल होंगे